दर्ज होगी प्राथमिकी

बाईस ट्रेनों को किया गया रद्द

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन तलाक से संबंधित विधेयक के संसद में पारित होने को महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा है कि इससे करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जीत हुयी है श्री मोदी ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस पर संसद की मुहर लगने को ऐतिहासिक दिन करार दिया प्रधानमंत्री ने विधेयक पारित होने के बाद ट्वीट कर कहा कि सदियों से तीन तलाक की कृप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है श्री मोदी ने विधेयक के संसद से पारित होने पर सभी सांसदों के प्रति आभार जताया है रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बड़ी संख्या में रेल कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृति देने संबंधी मीडिया में आ रही खबरें बेब्रनियाद हैं मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए विभिन्न जोन को जारी दिशा निर्देश एक नियमित प्रक्रिया है जो पहले भी होती रही है निगरानी की जांच में प्रदेश के चौहत्तर हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं मिला है ऐसे शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली नियोजन इकाईयों पर भी कार्रवाई करने का अधिकार निगरानी विभाग को दिया गया है फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में प्रदेशभर के दो सौ चौंतीस मुखिया की भूमिका भी संदिग्ध पायी गयी है गौरतलब है कि अब तक निगरानी की टीम साढ़े चार सौ फर्जी शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है पूर्व मध्य रेल के समस्तीपूर रेल मंडल अंतर्गत समस्तीपूर दरभंगा रेलखंड पर आज चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप है हायाघाट और थलवाड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच बागमती नदी पर स्थित रेल पूल पर बाढ़ के पानी के दबाव के कारण ट्रेनों का परिचालन बाधित है समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने बताया कि आज इस रेल खंड से होकर चलने वाली बाईस मेल एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है डीआरएम ने कहा कि बाढ़ के पानी के खतरे निशान से नीचे आने के बाद ही ट्रेनों का परिचालन सम्भव हो सकेगा उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है पूर्वी चम्पारण मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कई गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं नदियों का कटाव तेज होने से तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा है सड़कें ध्वस्त होने के कारण कई स्थानों पर आवागमन ठप है पश्चिम चम्पारण जिले के लौकरिया गांव के पास पीडी रिंग बांध में रिसाव होने से आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है वहीं पूर्वी चम्पारण जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल में पानी के तेज बहाव के कारण कई जगह सड़कें कट गयी हैं सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा सुप्पी बोखड़ा और रून्नीसैदपुर प्रखंड के दर्जनों गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं शिवहर जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ चार और राज्य उच्च पथ संख्या चौवन पर आवागमन बाधित है दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड के शिवराम महिनाम डखरा सुपौल और कन्हौली के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर राज्य सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षति का ब्यौरा जुटाने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बताया कि फसलों की हुई क्षति के साथ साथ मृत पशुओं और ध्वस्त हुये मकानों का भी सर्वे करवाया जा रहा है उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा प्रदेश में अब बिना जमीन और मकान वाले परिवारों को अपनी जमीन के निबंधन के लिए मात्र सौ रूपये खर्च करने होंगे राज्य सरकार की वास क्रय स्थल सहायता योजना के तहत सरकारी सहायता से खरीदी जाने वाली भूमि के लिए यह सुविधा मिलेगी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि नये निर्णय के अनुसार स्टांप शुल्क के लिए पचास और निबंधन शुल्क के रूप में पचास रूपये देने होंगे पटना उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स चुनाव की घोषणा को अवैध करार देते हुये पैक्स के सदस्यों के लिए ऑनलाईन मतदाता सूची तैयार करने पर रोक लगा दी है न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुये पुरानी पद्धति के अनुसार मतदाता सूची बनाने और चुनाव कराने का निर्देश दिया पीठ ने दो सप्ताह के अंदर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन कार्यालय को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने छह चरणों में पैक्स चुनाव कराने की घोषणा की थी पटना उच्च न्यायालय ने सभी सिविल सर्जन से दो सप्ताह के अंदर राज्य में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब और नमूना संग्रह केंद्र के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही था इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि प्रदेश के तीन हजार एक सौ तिरपन पैथोलॉजिकल और डायग्नोस्टिक सेंटर में से दो हजार पांच सौ चौदह अवैध हैं नौ जिलों में ऐसे एक भी केन्द्र वैध नहीं है मामले की अगली सुनवाई तेरह अगस्त को होगी सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार की निचली अदालतों में जजों के तीस प्रतिशत से अधिक पद खाली रहने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव और पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कल पेश होने का निर्देश दिया है खंडपीठ ने इस मामले में पटना हाई कोर्ट के रवैये पर भी कड़ी नाराजगी जतायी है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल दो हजार उन्नीस के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी समेत सभी गैर जरूरी सेवाएं बंद हैं कल सुबह छह बजे तक ये सेवाएं बाधित रहेंगी आईएमए का कहना है कि नये बिल से चिकित्सा शिक्षा के मानकों में गिरावट आयेगी और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना का काम जल्द से जल्द शुरू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है पटना मेट्रो रेल परियोजना पर नगर विकास और आवास विभाग का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद श्री कुमार ने मेट्रो कॉरिडोर से संबंधित भूमि अधिग्रहण की दिशा में भी समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कला की जानीमानी हस्ताक्षर कर्पूरी देवी का नब्बे वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वे लम्बे समय से बीमार चल रही थीं कर्पूरी देवी को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था उनके निधन पर कला जगत के लोगों ने गहरा शोक जताया है शेखपुरा दनियावां रेललाईन पर ट्रेन इंजन का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है रेलवे विकास निगम के मुख्य परियोजना अभियंता विकास चन्द्रा ने बताया कि अगले महीने नई रेल लाईन पर ट्रेन का ट्रायल किया जायेगा गोपालगंज के हथ्रआ की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनैना देवी को आंगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है आरोप है कि सहरसा के सौर बाजार में पदस्थापना के समय आरोपी सीडीपीओ ने सेविका चयन में भारी अनियमितता की थी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां तीन तलाक से संबंधित विधेयक के राज्यसभा से पारित होने की खबरे आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है विपक्ष के विरोध के बीच सरकार राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास कराने में सफल रही दैनिक जागरण लिखता है बिल के पक्ष में निन्यानवे और विरोध में पड़े चौरासी वोट सामाजिक बदलाव की दिशा में मोदी सरकार ने रचा इतिहास पैक्स चुनाव की घोषणा को अवैध करार दिये जाने से जुड़ी खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन बनायेगा पटना में मेट्रो राष्ट्रीय सहारा लिखता है मेडिकल बिल के खिलाफ आज अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद आज की सुर्खी है सरकार ने दी गरीब बेघरों को बड़ी राहत अब वास स्थल की जमीन की रजिस्ट्री सौ रूपये में

दर्ज होगी प्राथमिकी

बाईस ट्रेनों को किया गया रद्द